लोकसभा में प्रश्न काल के दौरान रेलमंत्री ने कहा कि दो हजार अट्ठारह उन्नीस के दौरान जोनल रेलवे के माध्यम से सड़सठ अतिरिक्त स्टेशनों का उन्नयन किया गया था मंत्री ने कहा कि इनमें से एक हजार एक सौ तीन स्टेशनों का उन्नयन किया गया था जबकि एक सौ पचास स्टेशनों को दो हजार उन्नीस बीस में विकसित करने का लक्ष्य है उन्होंने कहा कि प्लेटफार्म में सुधार शौचालय सुविधाएं पैदल यात्रा पुल एस्केलेटर और लिफ्ट जैसी सुविधाएं इस योजना में शामिल हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा इस प्ररे देश में कोने कोने तक रेल की कनेक्टवीटी पहंचे

और कई सारे प्रोजेक्ट जो पहले अनाउंस होते थे लेकिन काम नहीं होता था

केन्द्र सरकार ने कहा कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के विषय में निजी क्षेत्र को अनुमति देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है

केन्द्र सरकार ने देश में साइबर सुरक्षा से संबंधित द्र्घटनाओं को रोकने तथा साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाये हैं इलैक्ट्रॉनिक्स और सुचना टैक्नोलोजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि केन्द्र ने महत्वपूर्ण सूचनाओं की सुरक्षा के लिए नेशनल क्रिटिकल इन्फॉरमेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर बनाया है उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष केन्द्रीय मंत्रालयों विभागों और राज्य सरकारों की एक सौ दस वेबसाइट हैक कर ली गई थी जबकि इस वर्ष पचीस वेबसाइट हैक की गई हैं वर्ष दो हजार सत्रह अट्ठारह के दौरान देश में दूध का कुल अनुमानित उत्पादन सत्रह करोड़ तिरसठ लाख टन से अधिक है केन्द्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी राज्यमंत्री संजीव बालियान ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना दो हजार बाईस तक पच्चीस करोड़ पैंतालिस लाख टन से अधिक दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेन्द्र नाथ पांडेय ने कहा है कि समग्र कौशल विकास कार्यक्रम द्वारा आने वाले महीनों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ढाई लाख नए रोजगार पैदा होंगे नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की मंशा दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति को सही अर्थों में कुशल कार्यबल में परिवर्तित करना है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी मामलों के सिलसिले में चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत बारह राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के अड़तालिस स्थानों पर कल छापे मारे सीबीआई की विज्ञप्ति में कहा गया है कि एग्जिम बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सहित कई बैंकों की शिकायत पर हजारों करोड़ रूपये के घोटालों से संबंधित चौदह मामले दर्ज किए गए हैं ये मामले विभिन्न निजी कंपनियों उनके प्रमोटरों निदेशकों और कुछ सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किये गये जम्मू कश्मीर में दक्षिण कश्मीर के दोनों क्षेत्र बालटाल और पहलगांव से वार्षिक अमरनाथ यात्रा बिना किसी बाधा के चल रही है हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित कराने के लिए प्रयाप्त बहसुत्रीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है जम्मू कश्मीर पुलिस केंद्रीय सशस्त्र बल और सेना ओर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा के काफिलों के सुगम आवा जाही सुनिश्चित कराने के लिए सुरक्षा उपाय किये गए हैं

दोनों रास्तों से पंजीकृत श्रद्वालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रियों को क्या करें और क्या न करें की सूचना जारी की है इसके अलावा दोनों रास्तों पर आवश्यक उपकरणों के साथ स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की व्यवस्था की गई है छियालिस दिनों की यह अमरनाथ यात्रा पन्द्रह अगस्त को श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन वाले दिन समाप्त होगी